कहा स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व में आदर्श के रूप में उभरा है

कार्यालय बाजार और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण और संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए विशेष स्वच्छता अभियान को हर स्तर पर प्रभावी तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक बाजार में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत सबसे आकर्षक स्थल के तौर पर उभरा है और दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा के लिए एक आदर्श बन गया है मध्य प्रदेश के रीवा में सात सौ पचास मेगावाट अल्ट्रामेगा सौर परियोजना का वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन किया है

दुनिया की समग्र मानवता की भारत से इसी आशा इसी अपेक्षा को देखते हुए हम पूरे विश्व को जोड़ने मेंजुटे हुए हैं वन वर्लड वन सन वन ग्रिडके पीछे की यही भावना है गुणवत्तापूर्ण सौर उपकरणों की आवश्यकता पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश में गुणवत्तापूर्ण सौर पैनल और बैट्री बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि विदेशों से इसका आयात नहीं करना पड़े प्रधानमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार एक योजना बना रही है जिसके जरिये किसान अपनी बंजर और गैर उपयोगी जमीन पर बिजली उत्पादन कर सकेंगे इससे वे अपनी बिजली की जरूरतें पूरी करेंगे और दूसरों को भी इसकी आपूर्ति करेंगे श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्मर भारत में बिजली आत्मनिर्मरता एक अभिन्न हिस्सा है सौर ऊर्जा इस उद्देश्य को हासिल करने में मुख्य भूमिका निभायेगी राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कल रात दस बजे से विभिन्न प्रतिबंध लागू हो गए हैं सोमवार सुबह पांच बजे तक चलने वाले इन प्रतिबन्धों के दौरान प्रदेश में सभी कार्यालय बाजार दुकानें और व्यापारिक गतिविधिया बन्द रहेंगी हालांकि सभी आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह चलती रहेंगी शहरी क्षेत्रों में लगातार चालू रहने वाली इकाईयों और ग्रामीण इलाकों में चल रही औद्योगिक इकाईयों को छोड़कर सभी औद्योगिक कामकाज बंद रहेंगे रेल और हवाई यातायात के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवागमन और माल की ढुलाई पर इन प्रतिबंधों का असर नहीं होगा प्रदेश भर में आज और कल व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा पचपन घंटों के प्रतिबंधों की शुरुआत से ठीक पहले कल शाम प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कुछ संशोधन जारी किए अब प्रदेश में पहले की तरह सभी औद्योगिक इकाइयां चालू रहेंगी प्रदेश में आज और कल सभी धार्मिक स्थल भी लोगों के लिए खुले रहेंगे इस बीच प्रदेश के सभी पचहत्तर जिलों के शहरी और ग्रामीण इलाकों में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाने के लिए विशेष नोडल अफसर नियुक्त किए गए हैं लगाये गये प्रतिबंधों के बारे में प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी ने कहा है कि इन प्रतिबंधों को लॉकडाउन नहीं समझना चाहिए और इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है उन्होंने प्रतिबंधों के विस्तार की अफवाहों का पूरी तरह से खंडन किया और कहा कि ये प्रतिबंध सोमवार को सुबह पांच बजे समाप्त हो जायेंगे आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान व्यापक सेनिटाइजेशन अभियान चलाया जायेगा ताकि कोविड नाइन्टीन के साथ अन्य संचारी रोग न फैलने पाएं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्यकर्मी भी कोविड नाइन्टीन के संदिग्ध मरीजों का तुरन्त पता लगाने के लिए जांच का कार्य जारी रखेंगे मुख्य सचिव ने आकाशवाणी के जरिये राज्य के लोगों से अपील की है कि वे इन प्रतिबंधों का कडाई से पालन करें देखिए हम सभी को कोविड महामारी को रोकने के लिए कि जब तक बहुत आवश्यक न हो अपने घर से बाहर न निकलें अपने घर में ही रहें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण और संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए विशेष स्वच्छता अभियान को प्रत्येक जनपद में हर स्तर पर प्रभावी तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ग्यारह और बारह जुलाई यानी आज और कल सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा उन्होंने इस अभियान को आवश्यकता के अनुसार आगे भी जारी रखने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही न बरती जाए मुख्यमंत्री ने कल रात प्रदेश के सभी मण्डलायुक्तों जिलाधिकारियों और पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेन्स माध्यम से इस सम्बंध में निर्देश जारी किए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान संचालित करने के साथ साथ इससे सम्बंधित तस्वीरें शासन स्तर पर उपलब्ध कराई जाएं उन्होंने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निरन्तर भ्रमण कर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि राज्य में आज और कल प्रतिबन्धों के दौरान कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से बाहर न निकले केन्द्र सरकार ने कल कहा कि देश में कोविड नाइन्टीन संक्रमित व्यक्तियों की स्वस्थ होने की दर बासठ दशमलव चार दो प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान उन्नीस हजार से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं और इसके साथ ही स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या चार लाख पन्चानबे हजार से अधिक हो गई है देश में फिलहाल दो लाख छिहत्तर हजार से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है प्रदेश में इस समय ग्यारह हजार चौबीस कोरोना के सक्रिय मामले हैं अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक इक्कीस हजार सात सौ सत्तासी कोरोना के मरीज पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना टेस्टिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है और पिछले चौबीस घंटों के दौरान अड़तीस हजार छः सैम्पल की जांच की गई नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कल एक नया परामर्श जारी करते हुए प्रधानमंत्री कुसुम योजना के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली वेबसाइटों के प्रति आम जनता को आगाह किया है इस योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा आधारित पम्प लगाए जाते हैं और सिंचाई के काम आने वाले पम्प को मौजूदा ग्रिड से जोड़ा जाता है मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा देखने में आ रहा है कि दो वेबसाइट प्रधानमंत्री कुसुम योजना में पंजीकरण कराने के अवैध दावे कर रही हैं मंत्रालय ने कहा है कि इन वेबसाइटों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है प्रधानमंत्री कुसुम योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा किया जाता है इनकी विस्तृत जानकारी वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डब्लू डॉट एमएनआरई डॉट जीओवी डॉट आईएन पर उपलब्ध है मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर अगले पांच दिनों के दौरान गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान जताया है एक या दो स्थानों पर भारी से ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी जारी की गयी है मानसून के सक्रिय होने के कारण प्रदेश के पूर्वी अंचलों में आज और कल एक या दो स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा की संभावना भी जतायी गयी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अगले पांच दिनों के दौरान अनेक स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान है मौसम विभाग के अनुसार आज और कल एक या दो स्थानों पर भारी से ज्यादा भारी बारिश भी हो सकती है उधर गोरखपुर वाराणसी चंदौली कुशीनगर और बलरामपुर समेत राज्य के पूर्वी भाग के अधिकांश हिस्सों में पिछले छत्तीस घंटो से रूक रूक कर हल्की से तेज वर्षा हो रही है पीलीभीत प्रयागराज कौशाम्बी फतेहपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी आज सुबह से तेज वर्षा शुरू हो गई कुख्यात अपराधी विकास दुबे को कल सुबह कानपुर के निकट भौंती में मुठभेड़ में मार गिराया गया कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश ने बताया कि उज्जैन से उसे लेकर आ रहे पुलिस वाहन के भारी बारिश के कारण पलटने पर विकास ने पुलिसकर्मी से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की लेकिन मुठमेड़ में वह घायल हो गया उसे कानपुर अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया प्रदेश में टिड्डियों का दल कल हरदोई जिले में देखा गया हालांकि किसानों की सजगता और प्रशासन की ओर से बताए गए उपाय करने से ये फसलों को अधिक नुकसान नहीं पहुंचा सके टिड्डियों का दल कन्नौज जिले से हरदोई होते हुए सीतापुर जनपद में दाखिल हुआ है उप कृषि निदेशक आश्तोष मिश्रा ने बताया कि टिड्डी दल से निपटने के लिए हरदोई में पांच फायर ब्रिगेड और तेरह ट्रैक्टर टैंकर को तैयार रखा गया है उधर टिड़ियों का दल कल फिरोजाबाद जनपद में भी देखा गया